भारतीय जनता पार्टी ने संशोधित नागरिकता कानून के बारे में विपक्षी दलों का झूठ उजागर करने और इस कानून के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के लिए जनसम्पर्क अभियान चलाने की घोषणा की है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया कि संशोधित नागरिकता कानून के बारे में अगले दस दिन में तीन करोड़ से अधिक परिवारों से पार्टी सम्पर्क करेगी उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्येक जिले में रैली और देश भर में ढाई सौ से अधिक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित करेगी श्री यादव ने कहा कि इस कानून के बारे में किए जा रहे दुष्प्रचार का पार्टी जवाब देगी बाईट भूपेंद्र यादव आज देश के ग्यारह सौ एक शिक्षाविदों ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो परिवर्तन हुए हैं उसका समर्थन किया है हमारा मानना है कि हम विपक्ष के द्वारा जो भ्रम और झुठ की राजनीति की जा रही है देश की जनता के सामने झूठ बोला जा रहा है इसका जवाब देंगे देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के ग्यारह सौ से ज्यादा शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं तथा गणमान्य लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में बयान जारी किया है इन लोगों में राज्यसभा सदस्य स्वप्नदास गुप्ता शिलांग आई आई एम के अध्यक्ष शिशिर बजोरिया नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आइनूल हसन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एण्ड कॉनफ्लिक्ट स्टडीज के सीनियर फेलो अभिजीत अय्यर मित्रा तथा पत्रकार कंचन गुप्ता शामिल है बयान में समाज के सभी वर्गों से साम्प्रदायिकता और अराजकता से जुड़ी अफवाहों के जाल में नहीं फंसने तथा संयम बरतने की अपील की गई है बयान जारी करने वालों ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान में धर्म के नाम पर प्रताडित किए गये अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देने की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करता है उन्होंने भूले बिसरे अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह का कानून लाने के लिए भारतीय संसद और सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसा करके भारतीय सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखा गया है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण तथा युवाओं के रोजगारोन्मुखी कौशल विकास पर विशेष जोर दिया है मंत्रालय का लक्ष्य सम्मान के साथ विकास है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के एक लाख पच्चीस हजार से ज्यादा युवकों को विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार से संबंधित कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए गए इनमें गरीब नवाज रोजगार योजना और सीखो और कमाओ योजना शामिल है बाईट संवाददाता सरकार ने अगले पांच वर्षो में देशमर में सौ हनर हाट के आयोजन का निर्णय किया है जिसका उद्देश्य दस्तकारों और शिल्पकारों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है

आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी होने से समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसका असर बिहार पर भी पड़ रहा है और तापमान में लगातार गिरावट आ रही है मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि पच्चीस दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की भी संभावना है जिसके कारण ठंड और बढ़ सकती है मौसम विभाग के अनुसार आज भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी मौसम के रूख में भी लगातार बदलाव जारी रहेगा

आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने लोगों को ठंड से बचने की अपील की है इस बीच कोहरे के कारण कई ट्रेन विलंब से चल रही हैं कोहरे की वजह से विमान परिचालन भी बाधित हो रहा है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि निजी आईटीआई की जांच के लिये उच्च स्तरीय कमिटी गठित की जायेगी उन्होंने पटना में कहा कि पढ़ाई और डिग्री देने में गड़बड़ी करने वाले आईटीआई की मान्यता रद्द की जायेगी श्री सिन्हा ने कहा कि आईटीआई के अधारभूत संरचना फैकेल्टी और टूल्स मशीन की जांच जियो टैगिंग के माध्यम से करायी जायेगी केंद्र ने बिहार सरकार से इको टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर मसौदा तैयार कर भेजने को कहा है इसके आधार पर केंद्र सरकार राज्य के प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये राशि उपलब्ध करायेगी प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व मुंगेर के भीम बांध भागलपुर के गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य राजगीर और गया में इको टूरिज्म के विकास की पूरी संभावना है और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर इसे बढ़ावा दे रही है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने नवंबर महीने की जीएसटीआर थ्री बी रिटर्न भरने की तिथि सोमवार तक बढा दी है सीबीआईसी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि विभाग के माध्यम से चलाये जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम से सात हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण के दौरान कृषि कार्यों से जुड़े तेईस पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है श्री कुमार ने कहा कि सरकार कृषि को लाभकारी बनाने के लिये प्रतिबद्ध है पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि बिहार की सड़कों की मरम्मत और रख रखाव नीति को पूरा देश अपनायेगा उन्होंने पटना में इंडियन रोड कांग्रेस के अस्सीवां वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां एजेंसियों का चयन कर पहले से बनी सड़कों का भी रख रखव का जिम्मा सौंपा जा रहा है शराबबंदी के खिलाफ अगले महीने उन्नीस जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों से अपील की है इस संबंध में उन्होंने बिहार वासियों के नाम एक पत्र लिखा है जिसे शिक्षा विभाग गांव गांव तक पहुंचायेगा सत्तरवीं बिहार राज्य मोइनुलहक फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज बांका में पटना और दानापुर रेल के बीच खेला जायेगा इस चैंपियनशिप का आयोजन बिहार फूटबॉल संघ की ओर से बांका की एमजेएम ग्राउंड में किया जा रहा है गोपालगंज जिले के भोरे प्रखण्ड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कवाडीडीह के परिसर में राज्य स्तरीय सीनियर पुरूष फ्री स्टाईल कृश्ती की शुरूआत हुयी इस प्रतियोगिता में एक सौ अड़तालीस पहलवान भाग ले रहे हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार बंद की खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुये अपनी पहली सुर्खी बनायी है इसके साथ ही अखबारों ने अन्य खबरों को भी प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है छिटपुट हिंसा के बीच बिहार ठप दैनिक जागरण की सुर्खी है राज्यभर में जनजीवन अस्त व्यस्त पंद्रह सौ पचास गिरफ्तार दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है बच्चों पर टॉपर बनने का प्रेशर न डालें उनके साथ समय बितायें ऑलराउंड डेवलपमेंट पर करें फोकस प्रभात खबर ने पटना मेट्रो से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है पीएमसीएच परिसर और पीयू भवन भी दायरे में